सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे

प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कल पूर्व राजस्व मंत्री राजन सुशांत की अध्यक्षता में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल से ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत तौर पर ये मामला उठाया है राजन सुशांत ने मुख्यमंत्री से पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया

कलस्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सिरमौर जिले में सभी विकास खंड कलस्टर पर कूड़ा संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे उपायुक्त आरकेपरूर्थी ने कल नाहन में एक बैठक में बताया कि इन कूड़ा संयंत्र केंद्रों में ठोस कूड़ा कचरा संग्रहण कर इसका निष्पादन किया जाएगा

मौसम प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है जनजातीय क्षेत्रों में जलस्तोत्र जमने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है

इस दौरान मैदानी भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली हुई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है विपक्ष ने पहनीं प्याज की मालाएं हंगामे के बीच किया वाकआउट पंजाब केसरी के शब्द हैं प्याज की मालाएं पहन वेल में पहुंचे कांग्रेसी विधायकों ने की नारेबाजी ओर वाकआउट दैनिक जागरण का शीर्षक है सदन में प्याज पर सियासी तड़का दिव्य हिमाचल लिखता है इन्वेस्टर्स मीट महंगाई पर विपक्ष का वाकआउट दैनिक भास्कर का कहना है कांग्रेसियों ने सदन में लहराई प्याज की मालाएं फिर महंगाई पर वाकआउट हिमाचल दस्तक ने लिखा है सदन में पहली बार देखा सीएम जयराम का गुस्सा इन्वेस्टर मीट को घोटाला करने पर सदन में आकामक हुए सीएम आपका फैसला व अजीत समाचार का लगभग एक जैसा शीर्षक है विपक्ष द्वारा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा और वाकआउट

वहीं पंजाब केसरी के शब्द हैं लेह तक टनल के लिए हुआ जियोग्राफिकल हवाई सर्वेक्षण दैनिक सवेरा टाइम्स ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखा है एनआरसी अल्पसंख्यकों के हित में मोदी सरकार का बड़ा कदम